और आइए बढ़ते हैं अब समाचारों की ओर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ वर्च्यअल शिखर बैठक करेंगे

यह शिखर बैठक दोनों देशों के बीच बहुआयामी रणनीतिक संबंधों और सहयोग को विस्तार देने का महत्वपूर्ण अवसर मानी जा रही है देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या में लगातार दूसरे दिन इजाफा हुआ है कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के बीच नए मामले सामने आने के बाद भी एक करोड़ छियासठ लाख तेरह हजार से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ हो गए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि मरीजों के स्वस्थ होने में सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण रहा है उन्होंने कहा कि स्वस्थ होने की दर अटठहतर प्रतिशत से बढ़कर बिरासी प्रतिशत के करीब पहुंच गई है श्री अग्रवाल ने कहा कि नियमित रूप से किए जा रहे कार्य के आरंभिक परिणाम नजर आ रहे हैं कोविड से स्वस्थ लोगों की संख्या बढ़ना सकारात्मक रूझान है लेकिन उपचाराधीन रोगियों में वृद्वि अब भी चुनौती बनी हुई है

देश में सक्रमित मरीजों की संख्या दो करोड़ के पार पहुंच गई है

केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन एपीआई चिकित्सा ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्रायोजेनिक टैंक और कोविड टीके सहित चिकित्सा सामग्री के आयात पर आई जीएसटी हटाने का फैसला किया है

इससे पहले केंद्र सरकार ने इन चिकित्सा सामग्री पर आयात शुल्क और स्वास्थ्य उपकर भी हटा दिया था इस छूट से निशुल्क वितरण के लिए कोविड राहत सामग्री का बिना आई जीएसटी भुगतान के निशुल्क आयात हो सकेगा राज्य सरकारों से आयातकों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नोडल प्राधिकरण नियुक्त कराने को कहा गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में कोविड महामारी से निपटने के लिए जरूरी मानव संसाधनों की आवश्यकता की समीक्षा की बैठक में राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट स्नातकोत्तर परीक्षा कम से कम चार महीने तक स्थगित करने का फैसला किया गया इससे कोविड मरीजों के उपचार के लिए जरूरी चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी इस निर्णय से कोविड ड्यूटी के लिए प्रशिक्षित डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी

परीक्षा की तिथि घोषित किए जाने के बाद विद्यार्थियों को तैयारी के लिए कम से कम एक महीने का समय दिया जाएगा बैठक में वरिष्ठ डॉक्टरों और शिक्षकों के पर्यवेक्षण में मेडिकल इंटर्न को कोविड प्रबंधन कार्य के लिए तैनात करने की अनुमति देने का भी निर्णय लिया गया है एमबीबीएस अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की सेवाओं का उपयोग फोन पर परामर्श और संक्रमण के हल्के लक्षणों वाले मरीजों की निगरानी जैसी सेवाओं के लिए किया जाएगा कोविड संबंधी कार्य में लगे मेडिकल विद्यार्थियों और कर्मियों का टीकाकरण सर्वप्रथम किया जाएगा सभी प्रोफेशनल को सौ दिन की कोविड ड्यूटी पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री का विशिष्ट कोविड राष्ट्रीय सेवा सम्मान दिया जाएगा केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी केन्द्रीय वित्त पोषित संस्थाओं को पत्र लिखकर कहा है कि वे बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए मई में निर्धारित सभी ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित कर दें उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने केन्द्रीय वित्त पोषित संस्थाओं के प्रमुखों को मई महीने में निर्धारित ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित करने को कहा है

मंत्रालय ने यह भी कहा है कि जून के प्रथम सप्ताह में इस निर्णय की समीक्षा की जाएगी सभी संस्थाओं से पात्र व्यक्तियों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने और इस संबंध में हर संभव सहायता उपलब्ध कराने को कहा गया है

सोलह किलोमीटर से भी कम दूरी वाली ट्रेनों में लगातार यात्रियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है जिसके मददेनजर इन ट्रेनों को स्थिति सामान्य होने तक रदद किया जा रहा है आज से आसनसोल टाटा आसनसोल सियालदह और आसनसोल दीघा के बीच ट्रेन नहीं चलेगी सात मई से धनबाद से हावड़ा जानेवाली कोलफील्ड एक्सप्रेस और रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस अगले आदेश तक रद हो जाएगी आसनसोल से खुलने वाली कई ट्रेनों को चार मई से ही अगले आदेश तक बंद करने का आदेश जारी हो गया है कोरोना संक्रमण के कारण यात्रियों की संख्या में लगातार गिरावट हो रही है कम यात्रियों के साथ चलने से रेलवे को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है केन्द्र सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस योजना के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुवात की है

इस पर दस हजार नौ सौ करोड़ रूपए का परिव्यय होगा इसका उद्देश्य भारत के प्राकृतिक संसाधनों के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों को लोकप्रिय बनाने में सहयोग देना है मंत्रालय ने इस योजना के तहत तीन श्रेणियों में आवेदन आमंत्रित किए है जिससे संबंधित शर्ते न्यूनतम निवेश चयन प्रक्रिया और अन्य ब्यौरे दिशा निर्देश में दिए गए हैं

आप प्रादेशिक समाचार एकांश के टिवटर हैंडल

राज्य में प्रभावी मिनी लॉकडाउन और अन्य किए गए उपायों के उपरान्त संक्रमण की दर में सात प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है फिलहाल राज्य में संक्रमण दर तेरह दशमलव तीन आठ प्रतिशत पाया गया है कल राज्य में एक सौ उनतीस संक्रमितों की कोरोना से मौत हो गई राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर पच्छहतर दशमलव शून्य तीन प्रतिशत हो गई है और लगातार स्वस्थ हो रहे मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है स्वास्थ्य मंत्रालय के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार हल्के लक्षणों वाले या बिना लक्षणों वाले कोविड रोगियों को घर में आइसोलेशन में रहने की सलाह दी है मंत्रालय ने राज्य सरकारों को निर्देष दिया है कि वे आइसोलेशन के दौरान रोगी को चिकित्सा अधिकारी के उपचार की सुविधा उपलब्ध करायें और ऐसे लोगों की देखभाल करने वालों को अस्पताल के साथ संपर्क का माध्यम भी उपलब्ध कराये केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया के इस दाये का खंडन किया है जिसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन का नाम कोविप्री बताया जा रहा है पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने कहा है कि कोविप्री नाम का कोई भी रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है लोगों को सलाह दी गई है कि अप्रमाणित स्रोतों से चिकित्सा सामान न खरीदें और नकली दवाइयों तथा इंजेक्शन लेने से सतर्क रहें

कोविड संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए किसी भी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल सदर अस्पताल कोविड केयर सेंटर व निजी अस्पतालों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी

किसी भी कोविड ट्रीटमेंट अस्पताल व ऑक्सीजन प्लांट में पांच मिनट से अधिक की बिजली कटौती कोरोना महामारी के दौरान हुई तो यह कार्रवाई की जद में आएगा पलामू जिलें में भष्ट्राचार निरोधक ब्योरो एसीबी टीम ने छतरपुर प्रखंड के रोजगार सेवक मोहम्मद रहमान को दस हजार रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया अभियुक्त अब्दुल रहमान पर रोजगार गारंटी अधिनियम के फॉर्म पर हस्ताक्षर के लिए रिश्वत मांगने का आरोप लेगया गया है पाकड़ जिले में उपायुक्त के निर्देश पर दवा एवं ऑक्सीजन दुकानों की औचक जांच की गई मौके पर एसडीओ प्रभात कुमार ने दुकानों की जांच के दौरान कोरोना से संबधित आवश्यक दवाईयों की उपलब्धता और उनके बिक्री दरों की जानकारी ली

एसडीओ एवं फुंड सेफ्टी ऑफिसर ने हिरणपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित बाजार में छापेमारी की

रांची के उपायुक्त छवि रंजन का फेसबुक अकाउंट साईबर अपराधियों ने हैक कर लिया है

उपायुक्त ने जिला प्रशासन के माध्यम से सभी लोगों से अपील की है कि वे पैसे देने से बचें और कोई भी मांग स्वीकार ना करें इस की सूचना रांची के एसएसपी को भी दे दी गई है धनबाद में लॉकडाउन लगाने और उसके बाद बाजार का समय घटाने का असर अब दिखने लगा है

उपायुक्त ने समर्थ्य आवासीय विद्यालय को आइसोलेशन वार्ड के रूप में तैयार करने हेतु आवश्यक बेड की व्यवस्था ऑक्सीजन सिलिंडर से संबंधित तैयारी सहित सभी आवश्यक जानकारी ली साथ ही विद्यालय में कोविड के संक्रमित व्यक्तियो की समस्त चिकित्सा व्यवस्था करने का निर्देश दिया